गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ये दिशा निर्देश देश के जिलों को रेड ग्रीन और अॅरिंज जोन में विभाजित करते हुए उनमें निहित जोखिम पर आधारित हैं इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और अॅरिंज जोन वाले जिलों में कई छूटें दी गई हैं

रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या कोरोना के पुष्ट मामलों के दोगुनी होने की दर और जांच व निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा रेड और ग्रीन जोन से बाहर के ज़िलों को अॅरिंज जोन माना जाएगा

वे कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कहा कि यदि कोई व्यक्ति रेड जोन से आया है तो उसे क्वांरटीन केन्द्र में रखा जाए जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों की वापसी के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और राज्य के भीतर व बाहर फंसे अन्य लोगों की सहायता के लिए नोडल अधिकारियों के साथ सहायक अधिकारी नियुक्त किए हैं राशन कार्ड केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना में पांच और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कल दिल्ली में राशनकार्ड धारकों के लिए राष्ट्रीय पोर्टिब्लिटी लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की

प्रदेश कोरोना प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कोरोना संकमण को कोई नया मामला सामने नहीं आया है पिछले कल दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब प्रदेश में पांच कोरोना पॉजिटिव मरीज ही विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने लॉकडाउन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है चार मई से खुल जाएगा हिमाचल प्रदेश के छह जिला ग्रीन जोन में छह ऑरेंज जोन में दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल रेड जोन से बाहर पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल रेड जोन से बाहर पर बढ़ेगा लॉकडाउन हिमाचल दस्तक का कहना है हिमाचल में अब कोई रेड डिस्ट्रिक्ट नहीं छ जिले ऑरेंज जोन में तो बाकि ग्रीन जोन में आपका फैसला के अनुसार प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं अमर उजाला की एक खबर है कोरोना मुक्त होने की दहलीज पर हिमाचल दो और मरीज हुए ठीक दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल के दो और मरीज ठीक अब सिर्फ पांच शेष बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए उतारी अफसरों की टीम शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है फोन नंबरों के साथ नोडल अधिकारियों की सूची जारी पंजाब केसरी का शीर्षक है सवा दो लाख लोगों को लाने के लिए दस अधिकारी नियुक्त

नमस्कार